रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिभा रजिस्टर बनाएगी प्रदेश सरकार

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन को लेकर अधिकारियों को हर जिले में समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि इन बैठकों में राज्य में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने पर विचार होगा साथ ही ज़िलों में विकास कार्यो सहित आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने पर भी इन बैठकों में विचार किया जाएगा इन समीक्षा बैठकों को विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री योजना बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य सचेतक संबोधित करेंगे वर्चुअल रैली मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में वापिस आने वाले लोगों को रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिभा रजिस्टर बनाया है इस रजिस्टर में वापिस आने वाले लोगों की प्रतिभा का खाका तैयार किया गया है मुख्यमंत्री आज बिलासपुर सदर चिंतपूर्णी और बंजार भाजपा मंडलों की वर्चुअल रैलियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे

जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि खबरों में बने रहने के लिए कांग्रेस नेता सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है और सरकार दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से संकोच नहीं करेगी सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत्त है सुरेश भारद्वाज आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की सरकारें हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है फिर चाहे कोरोना वायरस को रोकना हो या अर्थव्यवस्था में तेजी लानी हो उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरी हुआ तो सेब सीज़न के दौरान मज़दूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का मामला प्रधानमंत्री से भी उठाया जाएगा भारद्वाज ने वर्चुअल रैली को प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की देन करार दिया और कहा कि आज न केवल भाजपा बल्कि सभी पार्टियां इसे अपनाकर लोगों से संवाद कायम कर रही हैं गोविंद ठाकर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सेब सीजन के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि बागवानों को किसी भी समस्या से बचाया जा सके गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले सेब व्यापारियों को यहां रहने की छूट दी गई है लेकिन हॉट स्पॉट से आने वाले व्यापारियों को पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनका कोरोना टैस्ट नैगेटिव आने को बाद ही उन्हें यहां काम करने की इज़ाजत होगी वन मंत्री ने प्रदेश में रह रहे प्रवासी मज़दूरों से वापिस न जाने और विकास कार्यों में सहयोग की अपील की उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है उन्होंने लोगों से बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गोविंद ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल्लू भाजपा मंडल के पदाधिकारियों सदस्यों और आम लोगों को भी संबोधित किया तथा कोरोना काल में सहयोग के लिए उनका आभार जताया वन मंत्री ने हाल ही में हमीरपुर ज़िला में हुई एक वारदात में घायल वन रक्षक विक्रमजीत सिंह को फोन कर उनका कुशलक्षेम भी पूछा तथा हरसंभव मदद का आश्वासन दिया

इस वर्ष का थीम है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन विश्वभर में खून की कमी को पूरा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रदेश में इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया राजभवन शिमला में राज्य रैडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के मौके पर बोलते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रक्तदान का कार्य जीवनदान देने वाला है उन्होंने कहा कि रक्तदान लोगों के मन में मानवता की सेवा करने की भावना को विकसित करता है राज्यपाल ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से क्वारंटीन के नियमों दो गज की दूरी मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे उपायों का सख्ती से पालन करने की अपील की राज्य रैडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थी

जनजातीय ज़िला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में इस मौके पर युवा कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया युवा कांग्रेस के महासचिव दयाल सिंह नेगी ने कहा कि आज आयोजित रक्तदान शिविर में खासतौर पर लड़कियों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया गया

मृतक युवक दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है और शिमला में एक ट्रक के साथ कुछ सामान छोड़ने आया था इसी दौरान बीती रात उसे सामान उतारते वक्त चोट लग गई जिस पर इस युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया जहां इसकी मौत हो गई आईजीएमसी में ही इस युवक का कोरोना टैस्ट भी किया गया जो पॉज़िटिव पाया गया है आईजीएमसी के आपातकाल विभाग में इस युवक के दम तोड़ने और कोरोना पॉज़िटिव पाए जाने के बाद वहां तैनात स्टाफ और इस युवक के सम्पर्क में आए अन्य सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है

उधर सोलन के उपायुक्त के सी चमन ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के दृष्टिगत ज़िले की दूसरे राज्यों से लगी सभी सीमाओं और क्वारंटीन केन्द्रों पर अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है

संशोधन राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति ने हिमाचल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटीन संबंधी नियमों में कुछ संशोधन किए हैं राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि संशोधित नियमों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारियों उद्योगपति फैक्टरी मालिक व्यापारी कच्ची सामग्री सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन में छूट दी गई है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों व संगठनों जिलाधीशों पुलिस अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं प्रवक्ता ने ये भी कहा कि प्रदेश में आने वाले प्रवासी मज़दूरों को सीधा बागवानी कृषि ठेकेदार और परियोजनाओं के कार्य स्थलों पर भेजा जा सकता है कांग्रे स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दरों में कटौती करने पर हैरानी जताई है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया है कि भाजपा कर्मचारी विरोधी है उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती करना इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय है और इस फैसले को वापिस लिया जाए राठौर ने सरकार से ये भी मांग की कि वह प्रदेशहित में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत कोई प्रभावी कदम उठाए

अनिरूद्व सिंह कांग्रेस विधायक अनिरूद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कोविड फंड का एक भी पैसा खर्च नहीं किया है

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मुददे पर तुरंत जवाब देना चाहिए सुधीर शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भाजपा खासकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वर्चुअल रैलियों को चुनावी तैयारी करार दिया है उन्होंने मांग की कि सरकार पहले कोरोना से निपटे तथा उसके बाद ही वर्चुअल रैलियों पर ध्यान लगाए सुधीर शर्मा ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी आग्रह किया है कि कोविड फंड के नाम पर अब तक जमा हुए पैसे का ऑडिट कर इस पर श्वेतपत्र जारी किया जाए

एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी इस दौरान लगातार बाहरी राज्यों के सम्पर्क में रहे जिससे किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सके